तीन चरणों में हुए मतदान के बाद आज मतों की गिनती के साथ ही परिणाम आने शुरू हो गए सुबह आठे बजे विकासखण्ड मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई एक समाचार एजेंसी के मुताबिक राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में चुनाव परिणामों की घोषणा मंगलवार सुबह तक हो पाएगी

इस बार चुनाव परिणामों की अद्यतन जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है पंचायतों में आरक्षण प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए हरिद्वार को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय कर दिया गया है

सात जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है

शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद उत्तरकाशी टिहरी चमोली और अल्मोड़ा में अनारक्षित पौड़ी में अनुसूचित जाति रूद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति महिला देहरादून में अनुसूचित जनजाति महिला पिथौरागढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला एवं ऊधमसिंह नगर नैनीताल चम्पावत और बागेश्वर में महिला के लिए आरक्षित है उन्होंने बताया कि जिसे भी कोई आपत्ति हो वो सचिव पंचायतीराज के कार्यालय में या संबंधित जिलाधिकारी को अपनी आपत्ति उपलब्ध करा सकते हैं जिलाधिकारी प्राप्त आपत्ति शासन को प्रेषित करेंगे गृह मंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है और पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं श्री शाह आज नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तक चौंतीस हजार आठ सौ चवालीस पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी शहादत दी है गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल को बेहतर बनाने उनके स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित सभी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित बनाने के लिए समयबद्ध कदम उठायेगी वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बल और उनके परिवारों का अभिवादन किया और शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से दायित्व का निर्वाह करते हैं और उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है पुलिस स्मृति दिवस आज पुलिस स्मति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस लाईन देहरादून में पुलिस स्मृति परेड में प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुलिस और अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी साथ ही पुलिस और अर्द्धसैन्य बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और देश के अर्द्ध सैन्य बलों की होती है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन कर्मियों को अपने जीवन की आहृति भी देनी पड़ती है

उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने वाले जवान हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखण्ड प्रलिस अपनी जन शक्ति और संसाधनों से इन चुनौतियों का सामना करने में सफल होगी

राज्य कर्मचारी बोनस प्रदेश में अराजपत्रित श्रेणियों के राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के साथ ही स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है बोनस की अधिकतम धनराशि सात हजार रुपये होगी इसके अलावा राज्य कर्मियों जिन्हें सातवां वेतनमान अनुमन्य है उनको केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ते की मंजूरी भी दी गई है सीएम दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की नगर निगम में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के महिलाओं और पुरुषों के साथ कृषक को एक से पांच लाख तक का ऋण शून्य प्रतिशत पर ब्याज पर दिया गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों की स्थाई समस्याओं के निदान की ओर सरकार बढ़ रही है और उस पर कार्यवाही जल्द शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र हरिणाणा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ

दोनों राज्यों में लोग आज सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े थे

लोकसभा की दो सीटों में बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र में सातारा की सीट शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट डालने की अपील की थी

संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में संसद के दोनों सचिवालयों को सुचित कर दिया है सरकार आगामी सत्र में अनेक विधेयक लाने के साथ ही दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है

दूसरा अध्यादेश सितंबर में जारी किया गया था जो ई सिगरेट और इसी तरह के दूसरे उपकरणों की बिकी निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है

अल्मोड़ा महोत्सव अल्मोड़ा में चार दिवसीय अल्मोड़ा महोत्सव का समापन हो गया है महोत्सव के समापन के अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि पयर्टन को बढ़ावा देने और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आयोजित अल्मोड़ा महोत्सव ने अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है महोत्सव में देश प्रदेश के साथ ही बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से दर्शकों का मन मोहा समापन के अवसर पर महोत्सव के दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया महोत्सव के अन्तिम दिन स्टार नाइट में मिस्र के लोक नृत्य पर आधारित तनुरा डान्स आकर्षक का केन्द्र रहा इसके अलावा सूफी कलाकार वारसी बन्ध्रों ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी

इनमें प्रदेश के झरबेरा थाने का एक कॉन्स्टेबल भी शहीद हुआ उन्होंने शहीद परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की निरीक्षण दीपावली पर्व के मद्देनजर नैनीताल के लालकुंआ नगर में जिला प्रशासन और पुलिस ने अभियान चलाकर पटाखों आतिशबाजी और मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया